ब्यौरा हमारे संवाददाता से पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लायू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेगी राहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाइयों और ग्रामीण इताकों में चल रही औचोगिक इकाइयों को छोड़कर सारा औचोगिक कामकाज बंद रहेगा रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और मात की दुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि आज रात से शुरू होने वाले प्रतिबंधों को लाकडाउन नहीं समझना चाहिए और इससे घदराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने प्रतिबंधों के विस्तार की अफवाहों का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि ये प्रतिबंध सोमवार को सुबह पांच बजे समाप्त हो जायेंगे आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान व्यापक सेनिटाइजेशन अभियान चलाया जायेगा ताकि कोविड नाइन्टीन के साथ कोई अन्य संचारी रोग न फैलने पाए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी भी कोविड नाइन्टीन के संदिग्ध मरीजों का तुरन्त पता लगाने के लिए जांच का कार्य जारी रखेंगे मुख्य सचिव ने आकाशवाणी के जरिये राज्य के लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का कडाई से पालन करें मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के लक्षण होने का संदेह होने पर नजदीक के अस्पताल से सम्पर्क स्थापित करें ऐसे लोग राज्य के सभी शहरों में स्थापित कोविड डेस्क से जानकारी भी ले सकते हैं केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रदृषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदृषण निगरानी प्रणाली मजबृत करने का निर्देश दिया है बोर्ड से प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा गया है कल नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपरिथति में अंतर मंत्रालय बैठक में ये निर्देश दिये गये बैठक में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के साथ समन्वय में जल गृणवत्ता पर कडी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया और इस कार्य के लिए उपयक्त व्यवस्था विकसित करने पर सहमति हई पर्यावरण मंत्री ने दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों से तालमेल के साथ काम करने और राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख नदी परियोजनाओं की मंजूरी का काम तेज करने का अनुरोध किया ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के सभी सांसदों विधायकों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर विद्युत आपूर्ति में होने वाली लाइन हानियों को कम करने के प्रयासों में मदद का आहवान किया है ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ये ग्रामवासियों को समय पर बिजली का बिल जमा करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रेरित करें उन्होंने कहा कि अगर लाइन लॉस पंद्रह प्रतिशत से कम आता है तो गांव को प्राथमिकता देते हए चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी साथ ही जर्जर तार भी बदले जाएंगे उन्होंने कहा कि बिजली का बिल सी एस सी के अलावा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपी एनर्जी डॉट आईएन और मोबाइल ऐप ई निवारण पर भी जमा किया जा सकता है प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और पूर्व विघायक राणा कृष्णकिंकर सिंह कॉग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गये हैं उन्होंने कल बसपा प्रमुख सुश्री मायावती के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की राजकिशोर सिंह बस्ती जिले की हरैया विधान सभा से तीन बार विधायक रहे हैं वह प्रदेश सरकार में तीन बार मंत्री भी रहे हैं राणा कृष्णकिंकर सिंह कप्तानगंज विधानसभा से लगातार दो बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं कुख्यात अपराधी विकास दूबे को आज सुबह कानपुर के निकट भौती में मुठनेड़ में मार गिराया गया कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया कि उज्जैन से उसे लेकर आ रहे पुलिस वाहन के भारी बारिश के कारण पलटने पर विकास ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन मुठभेड़ में वह घायल हो गया उसे कानपुर अस्पताल ले जाया गया जहां चिंकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया मध्य प्रदेश पुलिस ने कल उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया था मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले पांच दिनों के दौरान गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है एक या दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है मानसून के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के पूर्वी अचलों में शनिवार व रविवार को एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना भी जतायी गयी है उप उप गोरखपुर वाराणसी चंदौली कुशीनगर बलरामपुर समेत राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश हिस्सों में कल रात से रूक रूक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है